प्रदेशभर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेजचुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार की जा रही कार्रवाई चमोली लोकसभा में शत प्रतिशत मतदान के लिए लोगों को किया जा रहा प्रेरित वोट दो चमोली गीत किया गया लॉन्च स्लग मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने आज देहरादून में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सभी पोलिंग बूथों का प्रपोजल आज शाम तक भेजने के निर्देश दिये उन्होंने मतगणना केन्द्रों की व्यवस्था नामांकन प्रक्रिया और कार्मिकों की तैनाती की व्यवस्था समय पर करने के निर्देश दिये उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी से एफिडेविट लिया जायेगा यह एफिडेविट ऑनलाईन भी भरा जा सकता है सुविधा पोर्टल पर एफिडेविट काउंटर होने की जानकारी उपलब्ध होगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनि धियों के साथ भी बैठक की उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जायेगा उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्चे की निगरानी की जायेगी इसके लिए टीमों का गठन किया गया है ये टीमें प्रत्याशियों के चुनाव के प्रत्येक खर्चे का ब्योरा देंगी

चुनाव के खर्चे के लिए प्रत्याशी को अलग बैंक खाता खोलना होगा आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों पर सख्त कारवाई की जायेगी स्लग सौजन्या बैठक सोमवार को भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के विभागीय वाहन और सरकारी धन का दुरूपयोग न करें उन्होंने बताया कि शिकायत प्रकोष्ठ कन्ट्रोल रूम ने प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं

सभी दावेदारों के नाम हाईकमान को भेज दिए गए है

इस दौरान लोकसभा चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सेटिंग नहीं विनिंग के फार्मले पर कार्य किया जाएगा उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में राहुल गांधी की रैली से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी उन्होंने प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों को जीतने का भी दावा किया स्लग एमसीएमसी गठित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया मॉनिटरिंग और मीडिया प्रबंधन के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय एम सी एम सी विज्ञापन प्रमाणन समिति और राज्य स्तरीय अपीलीय समिति का गठन कर लिया गया है

जिला स्तरीय एम सी एम सी भी गठित कर ली गई हैं

प्रिन्ट मीडिया और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की गई है पेड न्यूज आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और इस तरह के अन्य समाचार प्रकाशित या प्रसारित होने पर एम सी एम सी के संज्ञान में लाया जाएगा

जो राज्य की पांच सीटों पर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकसभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे

क्षेत्र की कुछ महिलाओं का मानना है कि महिला मतदाताओं की संख्या को देखते हुए इस संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवारों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए

यह गीत जिला प्रशासन ने तैयार किया है

जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने कहा कि निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है

मीडिया सेंटर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं

चुनाव के शुरू होने से सम्पन्न होने तक आग्नेय शस्त्रों भाला लाठी डण्डा चाक या ऐसे शस्त्र लेकर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा हालांकि लाठी डंडा लेकर चलने का आदेश वृद्ध दिव्यांग असमर्थ व्यक्तियों या जिनके धर्म में इन्हें लेकर चलना अनुमन्य है उन पर लागू नहीं होगा

सार्वजनिक सभा जुलूस के आयोजन भी पूर्व अनुमति के बिना नहीं होंगे

जिला निवार्चन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निवार्चन कार्यो को सम्पन्न कराने में नियुक्त समस्त अधिकारियों से बूथ संख्या का स्पष्ट निर्धारण ईवीएम प्रशिक्षण वीवीपैट की सुरक्षा यातायात चार्ट पर्यवेक्षकों के साथ लाइजन आफिसरों की तैनाती आदि की जानकारी ली उन्होने सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि मतदान की समय सीमा को देखते हये रूटचार्ट को अन्तिम रूप दिय जाए

इसलिए सभी अधिकारियों को अपने स्तर की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पूरी करनी होंगी उन्होंने कहा कि सरकारी सम्पत्तियों भवनों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएंगी उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड टीम और वीडियों सर्विलांस टीमों के अधिकारियों को सघन चौकिंग अभियान तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये